संविधान सभा ने चौदह सितंबर उन्नीस सौ उन्वास में देवनागरी लिपि में हिन्दी को राजभाष के रूप में मान्यता दी थी केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने हिन्दी दिवस के अक्सर पर आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में कहा कि किसी देश की पहचान के प्रतीक स्वरूप जन सामान्य की एक भाषा होना अत्यंत आवश्यक है उन्होंने कहा कि हिन्दी वह भाषा है जिसमें पूरे भारत को एकजुट रखने की क्षमता है उन्होंने कहा कि हिन्दी और दूसरी भारतीय भाषाओं का विकास साथ साथ होना चाहिए श्री अमित शाह ने हिन्दी को देश भर में एक जन आंदोलन बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि देश की विकिध भाषाएं और बोलियां इसकी शक्ति हैं ये भाषा की समृद्दि का सवाल जहां तक है मैं सिर्फ हिन्दी की बात नहीं कर सकता देश की कोई भी भाषा उठा लिजिये दुनिया की समृद्व से समृद्व भाषा के साथ इसकी तुलना कर लीजिये हमारी भाषाओं की व्यापकता और समृद्वता दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है यह हमें स्वीकार करना पड़ेगा और इसके आधार पर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा उन्होंने कहा कि सरकार हिन्दी को कानून और न्याय विज्ञान तथा चिकित्सा जगत के साथ साथ समी क्षेत्रों की भाषा बनाने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी उन्होंने लोगों से अधिक से अधिक हिन्दी का इस्तेमाल करने और एक राष्ट्र एक भाषा के महात्मा गांधी और सरदार पटेल के स्वप्न को पूरा करने में योगदान की अपील की इससे पहले गृहमंत्री ने हिन्दी दिवस के अवसर पर राजभाषा पुरस्कार प्रदान किए उन्होंने विभिन्न विभागों मंत्रालयों और कार्यालयों के प्रमुखों को हिन्दी भाषा को प्रोत्साहन देने में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए पुरस्कार प्रदान किए केंद्रीय पर्यावरण वन तथा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने हिन्दी दिवस के अवसर पर आकाशवाणी से बातचीत की उन्होंने कहा कि अब भारतीय भाषाएं और समृद्ध हो रही है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हिन्दी दिवस के अवसर पर देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेशवासियों को हिन्दी दिवस की बधाई दी है प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी हिन्दी दिवस मनाया जा रहा है इसके साथ ही आज से हिन्दी पखवाड़ा भी शुरू हो गया पखवाड़े के दौरान कर्मचारियों के लिये विभिन्न प्रतियोगितायें आयोजित की जायेंगी सरकारी काम काज में हिन्दी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग के लिये कार्यशालाओं तथा गोष्ठियों के आयोजन किये जायेंगे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में सप्ताह भर चलने वाले सेवा सप्ताह की शुरूआत की उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में मरीजों को फल वितरण करने के साथ ही स्वच्छता अभियान में शामिल होकर इस अभियान का श्भारम्म किया सेवा सप्ताह के दौरान भाजपा नेता और कार्यकर्ता रक्तदान करने के अलावा मरीजों को राहत और सहायता उपलब्ध कराने के लिए अस्पतालों और स्वास्थ्य शिविरों में भी जाएंगे पार्टी के सांसद विघायक और अन्य प्रतिनिधि देश के विभिन्न भागों में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे लोगों को स्वच्छता अभियान जल बचाओ और सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल रोकने से जुड़ी तीन प्रतिज्ञाएं दिलाई जाएंगी प्रदेश के सभी जिलों में भी आज सेवा सप्ताह के पहले दिन भाजपा के जनप्रतिनिधियों पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सेवा कार्यो में बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चित्रकूट जिले में राज्य के पहले रोप वे का उद्घाटन किया दो सौ छप्पन मीटर लम्बा रोप वे जिले के कामतागिरि परिक्रमा मार्ग से लक्ष्मण हिल टॉप तक जायेगा इस अक्सर पर मुख्यमंत्री ने कामतानाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और उसके बाद महिलाओं के बीच जूट बैग बांट कर उनसे पॉलीथिन का इस्तेमाल न करने की अपील की प्रदेश में कई नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है गंगा और यमुना कई स्थानों पर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी हैं गंगा प्रयागराज के फाफामऊ में खतरे के निशान से तकरीबन डेढ़ मीटर और यमुना नैनी में करीब पौने दो मीटर नीचे बह रही हैं प्रयागराज के दारागंज कीडगंज गऊघाट छतनाग सहित एक दर्जन से अधिक गांवों में गंगा नदी का पानी पहुंच चुका है बाढ़ को देखते हुये वहां नावों के संचलन पर रोक लगा दी गयी है नदी के बढ़ते जलस्तर से किसानों की खड़ी फसल को भारी नुकसान पहुंचा है वहीं हमीरपुर में माता टीला बांध से चार लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण वहां यमुना नदी खतरे निशान को पार कर गयी है बाढ़ से जिले के एक सौ पचास गांवों पर खतरा मंडराने लगा है वहां हजारों एकड़ खरीफ की फसल डूब गयी है प्रदेश के इटावा सफारी पार्क में राज्य का पहला तेंदुआ रेस्क्यू सेंटर बनाया जायेगा आधिकारिक सूत्रों के हवाले से एक समाचार एजेंसी ने बताया है कि इस सेंटर में तेंदुओं का उपचार किया जायेगा पार्क में तेंदुआ सफारी पहले से बनाया जा चुका है जिसमें तीन तेंदुए मौजूद हैं